शिमला में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय की प्रादेशिक सेना महानिदेशक लैफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही लैफ्टिनेंट जनरल पांडे ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इको टास्क फोर्स का उददेश्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा आबंटित की गई भूमि पर पौधरोपण करना है प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं भाषा कला व संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने धार्मिक स्थलों को लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करते हए कहा कि धार्मिक स्थलों के परिसर में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय छह फूट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में रिकार्ड किए भजन संगीत और गीत लगाए जा सकते हैं परंतु समूहगान पर रोक रहेगी धार्मिक स्थलों में एक दूसरे को छूकर बधाई नहीं दी जा सकेगी श्रद्वालु मूर्तियों और धार्मिक पुस्तकों और घटियों को नहीं छू सकेंगे अन्य धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों मस्जिदों में भी किताबें तथा पूजारी को भी नहीं छू सकेंगे

मंदिर में हवन और मुंडन नहीं होगा धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक रहेगी प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित होगी बैठक में सभी मन्त्रियों व विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया है बैठक में सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुददों पर पलटवार की रणनीति बनाई जाएगी

बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी

विधानसभा परिसर को तीन सैक्टरों में बांटा गया है

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रकृति के संरक्षण व देवभूमि को हराभरा रखने के लिए वृक्षारोपण पर बल दिया है कसौली विधानसभा क्षेत्र की बोहली पंचायत के सिकंदराघाट में पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा सैजल ने लोगों से अपने आसपास खाली भूमि पर पौधरोपण करने का आहवान किया

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि जिले को पॉलीथिन मुक्त बनाने के ं लिए पॉलीब्रिक्स विधि द्वारा पर्यावरण संरक्षण में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिरमौर ज़िला को ये सफलता मिली है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है अफसरशाही भी चपेट में अतिरिक्त मुख्य सचिव संक्रमित मंदिरों में न घंटी बजेगी और न ही प्रसाद बंटेगा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है एक मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं गर्भगृह भी प्रतिबंधित रहेगा दैनिक भास्कर के शब्द हैं दर्शन करने के लिए मिलेगा एक मिनट बुजुर्गों गर्भवती तथा बच्चों के आने पर रोक अमर उजाला ने खबर दी है शिक्षक दिवस पर नड्डा ने गुरूओं से वीडियो कॉन्फ्रैंस कर लिया आशीर्वाद

हाईकोर्ट ने बिना वरिष्ठता के सरकारी आवासों के आवंटन पर रोक लगाई दैनिक भास्कर की एक खबर है आपका फैसला लिखता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग में हिमाचल सातवें स्थान पर

दैनिक भास्कर के शब्द हैं मंडी के दवाड़ा के पास भूस्खलन चंडीगढ़ मनाली एनएच बंद